भारतीय जनता पार्टी पांच सीटों पर आगे चल रही है

धानपुर सीट पर मुख्यमंत्री माणिक सरकार आगे चल रहे है

सरकार ने इस बारे में बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि दिल्ली दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन को नहीं रोका गया है गौरतलब है कि प्रसार भारती एक स्वायत्त ईकाइ है और इसका फंड मंत्रालय देता हैं

उनका कल लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया था श्री जोशी की कलाकृतियां विश्व के कई प्रसिद्ध संग्रहालयों में प्रदर्शित की गई है

पिछले साठ वर्षो में श्री जोशी ने राजस्थान की लोकचित्रकला की विभिन्न शैलियों में महत्वपूर्ण काम किया है

इससे पहले श्री राठौड़ ने जयपुर के वैशाली नगर स्थित सांसद सेवा केन्द्र में लोगों के साथ होली खेली

स्थानीय मीडिया की रिपोर्टो के अनुसार देश के विभिन्न इलाकों में रह रहे हिन्दू समाज के लोग मंदिरों में एकत्र हुए और रंगो का त्यौहार मनाया इस दौरान देश के सभी मंदिरो में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गयी थी लोगों ने टिवटर पर भी एक दूसरे को होली कीबधाई और श्भकामनाएं दी

सिंध विधान सभा का दिन का सत्र खत्म होने के बाद विधानसभा परिसर में विधायकों ने एक दूसरे पर रंग डालकर होली मनायी

यह जानकारी सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने दी श्री किलक ने बताया कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए प्रदेश में मूंग मूंगफली उड़द और सोयाबीन की तर्ज पर इसकी भी ऑनलाईन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है उन्होंने बताया कि किसान ऑनलाईन पंजीकरण ई मित्र और खरीद केन्द्रों के माध्यम से करा सकते है सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऑनलाईन पंजीकरण के दौरान भामाशाह कार्ड नम्बर और खसरा गिरदावरी देनी होगी उन्होंने बताया कि पंजीकरण होते ही किसान को एसएमएस द्वारा मोबाईल पर उपज की मात्रा और खरीद दिवस की सूचना दी जायेगी

गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया की अध्यक्षता में गठित मंत्रीमण्डलीय उपसमिति पांच और छह मार्च को यह सुनवाई करेगी

विदेश राज्यमंत्री जर्नल वीके सिंह कल अजमेर पासपोर्ट सेवा केन्द्र का शुभारम्भ करेंगे

शुरूआती राउंड रोबिन मैच में भारतीय टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से भारतीय समयानुसार दिन में डेढ़ बजे शुरू होगा अन्य मैचों में दिन में साढ़े तीन बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से और शाम छह बजे मलेशिया का सामना आयरलैंड से होगा